पहली बार कोई भारतीय प्रक्षेपण यान चांद की सतह पर उतरेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर विक्रम को चांद की कक्षा से निकालकर चांद की सतह पर सहजता से उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है ये महत्वपूर्ण और सबसे जटिल प्रक्रिया आज देर रात एक से दो बजे के बीच की जाएगी

टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए वे बेंगलूरू में इसरो के केंद्र जाने के लिए बेहद उत्साहित हैं

उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी डालने को कहा जिसमें से कुछ को वे रिट्वीट करेंगे

पुलिस ने हरियाणा के पांच लाख रूपए के इनामी बदमाष विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को कल रात ही पकडा था घटना के बाद विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गये और बदमाषों की तलाष में दिल्ली जयपुर हाई वे पर कई जगह नाकेबंदी करायी गयी पुलिस के कई प्रषिक्षित दल बदमाषों की तलाष में जुटे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है इस मामले में हरियाणा पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी सूचित किया गया है

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं

उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण को दूर करने में वनों की अहम भूमिका है श्री गहलोत ने कहा कि आमजन को जागरूक करना होगा कि वनों के बिना हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है वन होंगे तो ही अच्छी वर्षा होगी अच्छी फसलें होंगी और खुशहाली आएगी उन्होंने कहा कि वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए साथ ही भावी पीढी को भी वन संरक्षण के बारे में जागरूक करना चाहिए मुख्यमंत्री ने बौद्धिक दिव्यांगता केन्द्र में बरगद का पौधा लगाया और वानिकी प्रदर्शनी का अवलोकन किया ै

तृतीय श्रेणी के तबादलों पर हालांकि रोक रहेगी शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि स्थानान्तरण आवेदन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक व्याख्याता द्वितीय श्रेणी अध्यापक अपने स्थानान्तरण आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन भेज सकते हैं उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने आज मीडिया को बताया कि इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला समाज से जुड़े विषय पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी उन्होंने बताया कि जमीनी और समुद्री सीमा पर विविध संगठन अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं इस पर चर्चा की जाएगी श्री क्मार ने बताया कि योजक नाम की एक संस्था ने महिला समाज से जुड़े विषयों पर विस्तार से अध्ययन किया है उस अध्ययन के आधार पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी उन्होंने बताया कि पिछले साल आयोजित समन्वय बैठक में रखे गए तीन विषयों पर्यावरण युवा और संस्कारों का दुढ़ीकरण पर विविध संगठनों के अनुभवों पर भी मंथन होगा

रजिस्ट्रेषन तथा ई ऑक्षन प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये हैल्पलाईन भी इसी दिन शुरू की जायेगी

वेबसाईट पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध मकानों तथा फ्लैट्स की सारी जानकारी दी गई है

इसके अलावा प्रतापगढ उदयपुर चित्तौड़ बांसवाडा अलवर झालावाड़ धौलपुर बूंदी करौली भीलवाड़ा सीकर सवाईमाधोपुर सिरोही जोधपुर और उदयपुर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हई जयपूर में आज दोपहर मूसलाधार बारिश से कई जगह पानी भर गया